आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इससे देश का रक्षा तंत्र मजबूत हुआ

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे विश्व की प्रमुख संस्थाओं ने स्वीकार भी किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा और जलवाय परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत के प्रयासों का विश्व ने संज्ञान लिया है

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अट्ट संबंध रहा है

राज्यसभा की कार्य सूची में इसे सूचीबद्द किया गया है

इससे पहले ये विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है

राज्यसभा में सत्तापक्ष का बहमत न होने के कारण इस विधेयक को पारित होने में मुश्किलें आ सकती हैं विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए कल बैठक ब्लाई है

उन्होंने कहा कि सेना जो भी युद्ध करती है वह शांति की स्थापना के लिए करती है जनरल रावत आज सिरोही जिले के आबूरोड़ और माउंटआबू दौरे पर रहे जहां उन्होंने ब्रहमकमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांति वन परिसर में आयोजित वीर शहीदों के श्रद्वांजलि कार्यक्रम में भाग लिया

इससे पहले कल जनरल रावत ने जोधपुर में आर्मी कोणार्क कौर के अधिकारियों और जवानों के साथ बातचीत कर रक्षा तैयारियों का जायजा लिया

पर्यटन मंत्री का पदभार संभालने के बाद विश्वेन्द्र सिंह पहली बार भरतपुर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया पर्यटन मंत्री के साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि पहली बार भरतपुर से तीन मंत्री सरकार में हैं और अब जिले के विकास की संभावनाए बढ गई हैं सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई आज जालौर पहुंचे जहां जिलेवासियों ने श्री बिश्नोई का स्वागत किया श्री बिश्नोई को वन और पर्यावरण मंत्री बनाये जाने के बाद उनका जिले में यह पहला दौरा है कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला आज बीकानेर पहंचे यहां श्री कल्ला का जगह जगह स्वागत किया गया प्रदेश के जनजाति क्षेत्रीय विकास और उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया कल बांसवाडा पहुंचे

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किसमस के पहले से ही पर्यटक आने शुरू हो गये थे राजधानी जयपुर सहित जैसलमेर जोधपुर उदयपुर माउंटआबू और सवाईमाधोपुर में नववर्ष मनाने के लिए आने वाले मेहमानों के कारण पर्यटन व्यवसासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है

सिरोही जिले के माउंटआबू में पर्यटन विभाग जिला प्रशासन और नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे शरद महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया इन प्रतियोगिताओं में पर्यटकों ने जमकर आनन्द उठाया वहीं शाम को पोलो ग्राउण्ड में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं शरद महोत्सव का समापन नववर्ष के आगाज के साथ कल होगा

वे सामाजिक और राजनीतिक मृद्दों पर केन्द्रित फिल्मों के लिए जाने जाते थे बारह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित मृणाल सेन इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के सदस्य रहे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने वयोवृद्ध फिल्मकार मृणाल सेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है अपने ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि उनके निधन से बंगाल भारत और सिनेमा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है श्री राठौड़ ने कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है

हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि तेज ठण्ड से बचने के लिए किसानों को तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं खानाबदोश लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो रहा है वहीं दिहाडी मजदूरों के लिए रोजी रोटी कमाना दूभर हो रहा है

वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा है

भारतीय गेंदबाजों ने पांचवें ओवर की तीसरी गैंद में ही ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए दोनों विकेट निकालकर मेजबान टीम का संघर्ष समाप्त कर दिया

गोआ में खेले जा रहे मैच में आज गोआ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन राजस्थान के गैंदबाजों ने उनके किसी भी खिलाड़ी को बड़ी पारी नहीं खेलने दी

इस दौरान आने वाली जम्मूतवी सहित कई रेलगाडियों को धीमी गति से निकाला गया

प्रशासन के द्वारा पेंथर को पकडने के प्रयास किये जा रहे हैं

पिछले दस दिनों से चल रहे इस उत्सव में विभिन्न प्रांतो से आये कलाकारों ने भाग लिया